केन्द्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति में बड़े सुधार किये गये हैं

राज्यपाल ने कहा है कि इस समय परिस्थितियां असाधारण है इसलिए राज्य सरकार को तीन बिंदुओं पर कार्यवाही किए जाने का प्रमाण से देते हए पत्रावली फिर से प्रस्तृत करने के निर्देश दिए गए हैं राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सामान्य नियम से हटकर यदि विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है तो वह निर्णय किन विषम परिस्थितियों में लिया गया है यह स्पष्ट किया जाए

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री डोटासरा ने कहा कि वे पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे और पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार स्थिर और मजबूत है श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटना उनकी सरकार की प्राथमिकता है

कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण राज्य के कुछ जिलों में फिर से आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध लगाए गये हैं

इस बीच चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने कहा है कि कोरोना को हराने में प्लाज्मा थैरेपी बेहद कारगर साबित हुई है उन्होंने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज की शुरुआत प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में की गई

वर्तमान में जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर में प्लाज्मा थैरेपी के जरिये मरीजों का इलाज किया जा रहा है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्लाज्मा थैरेपी से इलाज के लिए बीकानेर और अजमेर को भी जल्दी ही अनुमति मिल जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिला मुख्यालयों के अस्पतालों पर प्लाज्मा थैरेपी से इलाज कराने के लिए भी योजना बना रही है

सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने वाले सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा तम्बाक का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है

कोरोना से मृत्यू दर भी घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है

इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश की हवाई युद्धक क्षमता और बढ़ जायेगी

भारतीय क्षेत्र में आने पर रफाल के बेड़े का पश्चिमी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने रेडियो संपर्क स्थापित करके स्वागत किया वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस मदौरिया तथा वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल बीसुरेश ने अंबाला हवाई अड्डे पर पांच रफाल विमानों के पहले बेड़े का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने का स्वागत किया है संस्कृत में अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़ कर कोई बड़ा पृण्य नहीं है राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई और व्रत नहीं है और राष्ट्र रक्षा से बढ़ कर कोई भी यज्ञ नहीं है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रफाल लड़ाकू विमानों का भारत पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास के नये अध्याय की शुरुआत है ये बहउद्देशीय विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता में अभृतपर्व वृद्धि करेंगे उन्होंने कहा कि इन विमानों की खरीद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सही समय पर लिए गए फैसले के कारण संभव हो सकी है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच काफी लम्बे समय से इस खरीद का मामला लम्बित था उन्होंने प्रधानमंत्री को इस निर्णयात्मक साहस के लिए धन्यवाद दिया साथ ही उन्होंने फ्रांस की सरकार और सम्बन्धित कम्पनियों को भी कोविड महामारी के दौरान लगे विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद समय पर इन विमानों तथा सम्बन्धित आयुध की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि रफाल जेट विमानों का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से शत्र के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षा शक्ति और युद्धक क्षमता बढ़ जायेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वैजह से ही इन विमानों को शीघता से हासिल किया जा सका है

बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाघ दिवस पर लोगों से बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने की अपील की है एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाने में बाघ महत्वपूर्ण भूमिका निमाते हैं लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने भी एक टवीट कर कहा कि बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है

उधर सवाई माघोप्र से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किय जा रहे हैं

बार बार हाथ धोए या सेनेटाइजर से साफ करें